प्रदेश में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या आज घटकर बीस हजार से नीचे आई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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

हमारे संवाददाता ने बताया कि इन चुनावों में सरकार के कई मंत्री अपनी साख बचाने में विफल रहे

इन चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्वीट में राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में ग्रामीण इलाकों के लोगों किसानों और महिलाओं द्वारा पार्टी में विश्वास व्यक्त किये जाने पर धन्यवाद दिया है

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकते हैं उन्होंने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क करने के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है

एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता और ना ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता

मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई फाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है दूरसंचार और सुचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा

संक्रमण के नये मामलों में आज भी कमी दर्ज की गई है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

नया संसद भवन आध्निक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा क्शल होगा